प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से की कोविड टीका लगवाने की अपील कहा जरूरी है दवाई भी और कड़ाई भी प्रदेशभर में आज मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं भारत ने इंग्लैंड को सात रन से हराकर जीती तीन एकदिवसीय किकेट मैचों की श्रृंखला कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामलों की संख्या एक हजार के पार हो गई है

ये इस साल के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मामले हैं वहीं सकिय मरीजों की संख्या सात हजार से अधिक हो गई है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में भी संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

चार जिलों झुंझुनूं जैसलमेर हनुमानगढ़ और बाड़मेर में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजेर आता है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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

रंगों का त्यौहार होली आज देशभर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में भी होली की रंगत है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है होली का त्यौहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है समाज के सभी धर्मों जाति संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं बीकानेर में सुबह से ही विशेष उत्साह देखा जा रहा है कोरोना को देखते हुए लोग तिलक होली खेल रहे हैं श्रीगंगानगर और सवाई माधोपुर में भी हर्षोउल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है प्रदेशमर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया टोंक सिरोही झालावाड़ च्रू श्रीगंगानगर बूंदी बांसवाड़ा और करौली में भी जगह जगह पूजा अर्चना के साथ होली का दहन हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकानाएं दी हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि इस वर्ष परिस्थितियां विषम हैं इसलिए सामाजिक दूरी और मास्क के साथ सुरक्षित रूप से त्यौहार मनाएं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने अधिकारियों और जवानों को होली की शुभकामनाएं दी है साथ ही शहर वासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्यौहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करता है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है

इसके साथ ही छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्थित जयपुर मेट्रो कला दीर्घा पर्यटकों के लिए बंद रहेगी

करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया भारत की ओर से शार्दुल ठाकूर ने चार जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए

इंग्लैंड के जॉनी ब्रेयस्टा को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया